प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार आवास क्षेत्र को बिचौलियों और भ्रष्टाचार से मुक्त करन के लिए काम कर रही है ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के अपना मकान मिल सके श्री मोदी ने नमो एप के जरिये आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से बातचीत में कहा कि सरकार आवास निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है

श्री मोदी ने कहा कि आवास निर्माण क्षेत्र में आध्निक तकनीक अपनायी जा रही है और इससे शहरों तथा गांवा में गरीबों के लिए सस्ते दरों पर मकानों का जल्द निर्माण किया जा रहा है पिछले चार वर्ष में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया है यानि सवा तीन सौ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं दिव्यांगजनों अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूदाय के अधिक स अधिक लोगों को मकान उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दे रही है श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है मुख्यमंत्री यागी आदित्यनाथ ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा है कि नियमों के पालन में यदि तकनीकी को भी जोड़ दिया जाये तो व्यवस्था बेहतर हो जाती है

श्री योगी ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुधारने को जिम्मेदारी जितनी पुलिस की है उससे कई गुना अधिक दायित्व आम जनता का है कि वह यातायात नियमों का शत प्रतिशत पालन करे मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात का मामला सुरक्षा से जुड़ा है

श्री योगी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि कानपुर में खराब यातायात और पर्यावरण प्रदूषण से उन्हें मुक्ति मिलेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजनाओं में सुधार की आवश्यकता है

उन्होंने प्रदाता बीमा कम्पनियों से योजनाओं और सेवाओं का व्यापक प्रचार करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि जो किसान ऋण नहीं ले रहे हैं उन्हें भी फसल बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए आज विश्व पर्यावरण दिवस ह

इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रद्रषण की रोकथाम इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से पॉलीथिन का प्रयोग न करने की अपील की है बाइट मेरी आप सभी से अपील है इस थीम के भाव को इसके महत्व को समझते हुए हम सब यह सुनिश्चित करें कि हम पोलीथीन लो ग्रेड प्लापस्टिक का उपयोग न करें आज हमे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हमारे पर्वजों ने हमारे लिए बचाकर रखा इसके कारण हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए शुद्ध हवा शुद्ध पानी प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में देना ये हम लोगों की दायित्व है पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया बलरामपुर में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए गोष्ठी आयोजित कर वृक्षारोपण किया गया झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में वृक्षारोपण तथा रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया गया वक्ताओं ने प्लास्टिक से हो रहे खतरों के बारे में जानकारी देते हुए इससे बचने का आह्वान किया हमीरपुर जनपद में पर्यावरण दिवस पर लोगों से ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का आह्वान किया गया

वन क्षेत्र को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है

उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आओ हम सब प्रकृति को सजाएं ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाये शिव कुमार सेठी आकाशवाणी समाचार हमीरपुर मथुरा में जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने विश्राम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जल की महत्ता बताते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई इसके अलावा म मऊ अमरोहा पीलीभीत महराजगंज कौशाम्बी संभल सहित अन्य जनपदों में भी पर्यावरण पर कार्यक्रम आयोजित किये गये

केन्द्र ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चार स्थानों पर सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है केन्द्रीय विद्युत एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरकेसिंह ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सभी गांव मजरों और घरों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को इस वर्ष के अंत तक हासिल करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं एक प्रश्न के उत्तर में उन्हाने कहा कि उत्तर प्रदेश में जालौन इलाहाबाद में मेजा कानपुर देहात में अकबरपुर और मिर्जापुर जिले में छानबे के सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुए है उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने की आपार संभावनाएं है और केन्द्र सरकार वहां के लिए ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में विद्युत व्यवस्था बेहतर करने क लिए बारह हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई है उन्हांने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए छह हजार नौ सौ करोड़ रूपये यश्से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई गई है और नगरीय क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था बेहतर करने के लिए इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट आईपीडीएस के तहत पांच हजार तीन सौ करोड़ रूपये से ज्यादा की धनराशि उपलब्ध कराई गई है राज्य में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के संबंध में पूछे गये एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य के उपयोग के लिए उसकी मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र तैयार है प्रदेश में स्थित एनटीपीसी की पुरानी विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के बारे में पूछे गये एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का विद्युत उत्पादन के दौरान ऊष्मा दर अत्यधिक है ऐसी परियोजनाओं के आध्रनिकीकरण के स्थान पर आध्रनिक तकनीक से युक्त नई उत्पादन इकाईयां स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है